लोक सभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल पर उन्होंने बताया की जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूहों के हवाई अड्डों के अधिकतम उपयोग और स्थानीय जनसमूदाय को सस्ती हवाई सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें वरीयता प्रदान की गयी है जयन्त सिन्हा ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य चयनित एयरलाइन्स को कुछ टैक्स सुविधाएं प्रदान करके देश के पिछड़े व दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सस्ती हवाई सेवायें प्रदान करना है अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर हमीरपुर आ रहे हैं

मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति किन्नौर चंबा व पांगी और कुल्लू जिलों की उंची चोटियों पर आज सुबह से हिमपात व बूंदाबादी का समाचार है राज्य के अन्य क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अुनसार उंची चोटियों पर हिमपात व निचले इलाकों में हल्की वर्षा से शीतलहर बढ़ गई है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने से ठण्ड का प्रकोप बढ़ गया है

विंटर कार्निवाल मनाली का प्रसिद्ध विंटर कार्निवाल आज से शुरू हो रहा है पांच दिवसीय विंटर कार्निवाल हिडिम्बा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शुरू होगा

पांच हज़ार के लगभग लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन मनाली के माल रोड पर करेंगे विंटर कार्निवाल का मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन चुना जाना रहता है अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नए साल पर कुल्लू में ब्यास महाआरती

दैनिक जागरण के शब्द हैं मंत्रोच्चारण से गूंज उठे व्यास के तट आपका फैसला के अनुसार मौहल में भव्य ब्यास आरती हजारों दीप प्रवाहित

हिमाचल दस्तक लिखता है पठानकोट मंडी फोरलेन की डीपीआर देरी पर हाईकोर्ट सख्त दिव्य हिमाचल की एक खबर है कांगड़ा में नड्डा पर दांव खेल सकती है भाजपा दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है दिल्ली पहुंचे सूबे के पांच हज़ार करोड़ के प्रोजैक्ट प्रोजैक्टों की मंजूरी से प्रदेश में तेज होगी विकास की गति अमर उजाला की एक अन्य खबर है लाहौल स्पीति जिले के हजार साल पुराने बौद्व मठ को गृह मंत्रालय का नोटिस विदेशी फंड का ब्योरा न देने पर जवाब तलब प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शुरू की प्रकिया अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सराहनीय पहल में लिखा है कि दिल्ली रिथित हिमाचल भवन में डोरमैट्री की व्यवस्था शुरू होने से वहां प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी

नमस्कार